इसलिए सभी श्रोताओं से अप्रील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्ख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आहवान किया था

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रू की बैठक में यह फैसला लिया गया

हालात शर नियंत्रण के लिए ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है

प्रदेश में सरकारी और निजी अस् तालों को मिलाकर बिस्तरों की संख्या र्याप्त है प्रत्येक जिले में कोविड सेंटर की शुरूआत जल्द से जल्द की जाएगी उधर म्रैना में लॉकडाउन के हले दिन सभी बाजार सुनसान दिखाई दिये गली मोहल्लों और प्रमुख चौराहों र ्लिस के जत्थे तैनात रहे शहडोल जिले में कल शाम से आवश्यक सेवाओं को छोडकर लगभग सभी कारोबार बंद हैं

रायसेन और सीहोर जिलों में नर्मदा नदी के समस्त घॉटो अन्य नदियों और तालाबो र प्रजा स्नान को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है

न्ना में भी लोगों की आवाजाही बह्त कम रही मन्दसौर जिले में आवश्यक वस्तुओं दूध फल सब्जी दवाइयां और अखबार की आपूर्ति जारी रही

आज नई दिल्ली में त्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के ास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कहा कि कई किसान संघ अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन क्छ इसका विरोध कर रहे हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार तीन नए कृषि कानूनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए तैयार है

उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन ज्टाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी हम टेस्ट करना हचान करना उसके बाद टीकाकरण का अभियान चला रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचना है तो टीकाकरण बहृत जरूरी है

इस नम्बर प्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अ नी समस्याएँ दर्ज करा सकेंगी आंगनवाड़ी सेवाओं के हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वेबीनार में महिला एवं बाल विकास संचालक स्वाति मीणा नायक ने निर्देश दिए कि बिना किसी कारण के किसी भी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं काटा जाए

मैच सात बजकर तीस मिनट र मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रू होगा